मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों के व्यवहार को बताया अलोकतांत्रिक और अमर्यादित

राज्य विधानमंडल का बजट सत्र विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच कल से शुरू हो गया सत्र के पहले दिन राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गो विशेष रूप से वंचितों शोपितों किसानों महिलाओं और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गो के उन्नयन के लिये प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है श्री नाईक ने अपने अभिमाषण में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है अपराधियों के खिलाफ चलाये गये अभियान से राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है और महिला सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कृदम उठाये गये हैं प्रदेश में अपरावियों के विरूद्व संचालित अभियान के परिणाम स्वरूप गंभीर अपराधों में विगत वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान दिला कर प्रदेश के गौरव को पुर्नस्थापित कर रही है कुंम और प्रवासी भारतीय दिवस का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन दोनों आयोजनों की सफलता से प्रदेश के बारे में लोगों का नज़रिया बदला है और पर्यटन मानचित्र पर राज्य देश में पहले स्थान पर आ गया है उन्होंने कहा कि इंवेस्टर्स समिट के ज़रिये इकसठ हज़ार करोड़ रूपये निवेश की परियोजनाएं धरातल पर आ गई है राज्यपाल ने कहा कि किसानों के हितों के लिये कई योजनाएं संचालित की गई है इसी क्रम में गन्ना किसानों को अब तक रिकार्ड बावन हज़ार करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है श्री नाईक ने कहा कि सरकार आधारभुत ढांचे को अधिक मजबूत करने के लिये प्रयासरत है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज़ी से काम हो रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की घोषणा की है जो राज्य के पश्चिमी हिस्से को प्रयागराज से जोड़ेगा राज्यपाल ने ओडीएफ़ मिशन उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये सरकार के प्रयासों की सराहना की राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने विपक्षी सदस्यों के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह आचरण संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास है इन दलों का यह जो कृत्सित प्रयास है यह इस बात को साबित करता है इनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है और यह कैसे सवैघानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार का आवरण इन दलों के द्वारा सदन के अंदर किया गया है वह अत्यंत निंदनीय है हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है सात फरवरी को सदन में बजट पेश किया जायेगा यह मौजूदा सरकार का तीसरा बजट होगा बजट सत्र बाईस फरवरी तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष राजक्मार अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया राजक्मार अत्वर्ट द्वितीय भारत की एक सप्ताह की यात्रा पर परसों नई दिल्ली पहुंचे उनके साथ उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी आया है इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज सवेरे मोनाको के शासनाध्यक्ष से मुलाकात की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जवला योजना ने महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और गरिमा प्रदान की है उन्होंने कहा कि खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन से पर्यावरण को नुकसान पहंचता है साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर ब्रा प्रभाव पड़ता है प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर रोक लगाते हुए छह महीने की अवधि के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ऐस्मा लागू कर दिया है इस बारे में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने परसों रात अधिसुचना जारी की प्रानी पेंशन योजना को लेकर सरकार और राज्य कर्मचारी संघ के बीच वार्ता विफल रहने के कारण यह कदम उठाया गया है राज्य के कुछ कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग के समर्थन में छह फरवरी को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर श्री मौर्य ने पच्चीस प्रचार वैनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शुरू किया जा रहा यह अभियान प्रदेश की सभी अस्सी लोकसभा और चार सौ तीन विधानसभाओं में चलाया जायेगा अभियान के तहत हर विधानसभा में एक यैन संचालित की जायेगी जो मोदी सरकार की उपलबियां और संदेश ऐसे युवाओं तक पहुंचायेगी जो पहली बार लोकसभा में अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं अभियान के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहला वोट मोदी को जो लांच किया है उस रथ के साथ पार्टी के कार्यकर्ता है वह प्रदेश के गांव गांव जन जन तक जाकर के ये समी लोगों से निवेदन करेंगे अनुरोध करेंगे कि देश के लिये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिये सशक्त और समृद्ध भारत क लिये आप अपना सबसे पहले मोदी जी को वोट करे उसके बाद फिर अन्य कोई कार्य करे प्रयागराज कृंम में मौनी अमावस्या के शाही स्नान के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के बाद मेला प्रशासन ने अगले शाही स्नान के लिये तैयारियां शुरू कर दी हैं यह तीसरा शाही स्नान बसंत पचंमी के दिन दस फरवरी को होगा प्रयागराज में आयोजित कृम्भ मेले के दौरान अपनों से बिछड़ों लोगों को मिलाने के लिए पन्द्रह खोया पाया केन्द्र स्थापित किए गये हैं जो कि बिछड़े लोगों को मिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कृम्म मेला क्षेत्र के डी आई जी केपी सिंह ने बताया कि कृम्म मेला स्नान के दौरान लगभग पचास हजार लोग अपने से बिछड़ गये थे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रयागराज में आयोजित कुम्म मेले में कुम्म के बिछड़े लोगों के किस्से अब वॉलीवुड फिल्मों के पुराने दिनों की कहानियां हो गये हैं लगभग तीन हजार दो सौ हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र के मेले में नई तकनीकी और प्रणाली के साथ स्थापित किए गये पन्द्रह आधनिक खोया पाया केन्द्रों ने कुम्म में बिछड़ने के बाद फिर न मिलने की पुरानी पूरी अवधारणा को ही बदल दिया है कुम्म मेला डी आई जी का कहना है कि मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के बाद लगभग प्रचास हजार लोग अपनों से विछड़ गये

कतर्वनिप्ठ कार्यकर्ता की भक्ति के साथ कड़ी मेहनत के चलते सत्तर महिलाओं और एक बच्चे को छोड़कर रोष सभी विछड़े लोग अपनो से मिलकर काफी प्रसन्न नजर आए एम एस यादव आकाशवाणी समाचार कुम्म मेला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत इक्कतीस मार्च तक बारह लाख बयासी हजार आवास विहीन व कच्चे मकानों में निवास करने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है अब तक ग्यारह लाख पैंसठ हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा ग्यारह लाख ग्यारह हजार अभ्यर्थियों के खातों में प्रथम किस्त व दस लाख बावन हजार अभ्यर्थियों के खातों में दूसरी किस्त तथा आठ लाख तिरासी हजार लाभार्थियों के खातों में तीसरी किस्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है तथा आठ लाख तिरासी हजार आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आवासों के आवंटन में हर स्तर पर पूरी पारदर्शिता तथा आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं इसके अलावा लाभार्थियों को मानक के अनुसार समस्त लाभ एवं निर्मित आवासों में अन्य सुविधाएं सुलम कराने के निर्देश दिये गये हैं लक्ष्य के विपरीत रोष आवासों को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है